उन्होंने कल गुजरात के जूनागढ़ में तीन सौ बिस्तरों वाले गुजरात चिकित्सा और शिक्षा शोघ सोसायटी अस्पताल के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत डेढ़ लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी योजना है इन स्वास्थ्य केंद्रों से छह लाख गांवों को स्वास्थ्य देखभाल मिलेगी

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र की भी शुरुआत की है इस पहल से दवाएं सस्ती हो रही हैं निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग मतदाता प्रष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनों के शत प्रतिशत उपयोग के लिए तैयार है आकाशवाणी से आज सुबह बातचीत में उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने साढ़े सत्रह लाख वीवीपैट मशीनों की खरीद का ऑर्डर दिया है और अबतक दस लाख मशीनें मिल चुकी हैं जहां तक वीवीपैट फेलियर का सवाल है

आगामी चुनाव में इसमें डिफेक्ट्स की संभावना नहीं होगी श्री रावत ने फिलहाल लोकसभा और राज्य विघानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने की संभावना से इंकार किया है उन्होंने कहा कि एकसाथ चुनाव कराने के लिए पहले कानूनी ढांचा तैयार होना जरूरी है अस्थि कलश प्रदेश की विभिन्न नदियों में विसर्जन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश पहुंच रहे है अस्थि कलश यात्रा उमरिया होते हुये सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र में आज रात पहुंचेगी कल सुबह सतना के टाउन हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जायेगा उसके बाद पवित्र सोननदी में अस्थि विसर्जन होगा नरसिंहपुर जिले में देर रात अस्थि कलश यात्रा पहुंची अस्थि कलश लेकर भाजपा के नेता और जन प्रतिनिधि जिले में पहुंचे यहां केन नदी में विसर्जन किया जायेगा जो रायसेन जिले के उदयपुरा से तेंदुखेड़ा होते हुये करेली शहर से निकलकर नरसिंहपुर पहुंची वहीं अनूपपुर में अटलजी की अस्थि कलश यात्रा में आम लोगों ने शामिल होकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की शहर में विभिन्न स्थानों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा आम नागरिकों ने दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए जबांज सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जबांज नागरिकों और सिपाहियों को राष्ट्रपति जीवन रक्षक पदक दिलवाने की अनुशंसा की जायेगी श्री चौहान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर शिवपुरी में सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पर फंसे नागरिकों को बचाने वाले जबांजों को सम्मानित कर रहे थे उन्होंने इन चार युवकों पांच पांच लाख की सम्मान राशि मेंट की और साथ ही जिला पुलिस बल के चार और राज्य अनुक्रिया बल के तीन सदस्यों को भी सम्मानित किये जाने के निर्देश दिये हैं इस मौंके पर पुलिस महानिदेशक ऋषी कुमार शुक्ला और महानिदेशक महान भारत सागर भी मौजूद थे

इस संबंध में उच्च शिक्षा विमाग ने आदेश जारी कर दिया है स्नातक स्तर के इन वार्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिलने की काफी संभावनाएं रहेंगी पर्यटन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इन पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए केन्द्रीय अध्ययन मंडल की बैठक की अनुसंशाओं के मद्देनजर यह मंजूरी दी गयी है मौसम प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने से आगामी दिनों में ऐसे जिलों में भी पर्याप्त वर्षा की संभावना हैं जहां अभी तक कम बारिश दर्ज की गयी है मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के बालाघाट मंडला श्योपुर मुरैना मिंड ग्वालियर शिवपुरी के अलावा मंदसौर और नीमच जिलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गयी है आगामी दिनों में मौजूदा सिस्टम के कारण इन जिलों में भी पर्याप्त बारिश की संभावना है

इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में वर्षा होगी और गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे